रिजर्व बैंक ने रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत से घटाकर तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत कर दी है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मंबई में मीडिया को बताया कि आज घोषित किए गए उपायों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है ये हैं बाजार के कामकाज में सुधार लाना आयात और निर्यात को बढ़ावा देना ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना

रेल आरक्षण भारतीय रेल ने देशभर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली दो सौ तीस रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं

आरक्षित टिकट सामान्य सेवा केन्द्रों डाकघर के रिजर्वेशन काउंटर यात्री सुविधा केन्द्र और आई आर सी टी सी के अधिकृत एजेंटों से भी खरीदे जा सकते हैं

निजी एयरलाइंस विस्तारा ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति में ब्किंग श्रू करने की घोषणा की यात्रियों के लिए आरोग्य सेत् ऐप का इस्तेमाल और एक स्व घोषणापत्र अनिवार्य किया है शिवराज श्रम सिद्धि म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य के विभिन्न गांवों के निवासियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान हिदायत देते हुए कहा कि वे कोरोना को अपने गांवों में घुसने नहीं दें और इसके लिए मास्क लगाने के साथ ही गाइडलाइन का पूरा पालन करें श्री चौहान ने यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सरपंचों और श्रमिकों से चर्चा की

श्रम सिद्धि अभियान के तहत श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में पंजीयन किया जाएगा और उन्हें उसके अन्रूप रोजगार म्हैया कराया जाएगा

इस बारे में ईरान और पाकिस्तान को मिलकर इस संकट से निपटने का सुझाव दिया गया है पाकिस्तान से कहा गया है कि दोनों देश अपनी सीमा पर समन्वित टिड्डी नियंत्रण अभियान चला सकते हैं

उधर श्योप्र में टिड्डी दल के आक्रमण एवं बचाव के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है

ग्ना जिले में भी टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव हेत् फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा कीटनाशी दवाईयों एवं पानी का पेड़ पौधों पर स्प्रे किये जाने हेत् सभी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं खण्डवा जिले के प्नासा क्षेत्र में लगातार टिड्डियों के दल प्रवेश कर रहे हैं प्नासा एसडीएम ममता खेड़े ने किसानों से आग्रह है कि वे ढोल ताशे थाली लाउडस्पीकर डीजे से शोर करके टिड्डियों को भगाएं और उन्हें खेतों में बैठने ना दें

वहीं आज मृतकों की संख्या एक सौ नौ तक जा पहंची है

उज्जैन के आर डी गार्डी मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी के लिए लाई गई सेपरेटर मशीन का श्भारंभ कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हई मरीज दीपा मोहन ने फीता काटकर किया साथ ही प्लाज्मा डोनेट भी किया झाब्आ जिले में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है जिले में अब तक बारह कोराना मरीज पाए गये है जिसमें से एक की मृत्य् हो गई है सिवनी जिले में एक और कोराना संक्रमित मरीज मिला है यह व्यक्ति कारीरात गांव का निवासी है प्रशासन उसकी ट्रावल हिस्ट्री खंगोलने में लगा है

उमरिया जिले मे द्सरा कोरोना पाजटिव मरीज मिला है युवक हाल ही में नासिक से आया था

उधर ग्ना के बाप चालहरिया का कोरोना पॉजिटिव मरीज आज जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया

भारतीय स्टेट बैंक की छिन्दवाड़ा मुख्य शाखा दवारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये प्लिस विभाग को आज एक हजार मास्क प्रदाय किये गये कटनी में लॉकडाउन अवधि में बिना मास्क लगाये व्यक्तियों के अनावश्यक घ्मने और दो पहिया वाहनों में अन्मति संख्या से अधिक सवारियों के चलने पर सीसी टीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है मंदसौर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच आज जिले के तीन इलाकों को कंटेटमेंट म्क्त कर दिया गया